इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

उधर प्रदेश में कोरोना के नये मामलों में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है

परीक्षा योद्वा पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा योद्वा प्स्तक का नया संस्करण अब छात्रों और अभिभावकों के लिए नई जानकारियों के साथ उपलब्ध है यह हर जगह स्लभ रहने के साथ ऑनलाइन और परीक्षा वारियर्स मॉड्यूल नमो ऐप पर भी उपलब्ध है श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि प्स्तक के नए संस्करण को छात्रों अभिभावकों और शिक्षकों से मिली मूल्यवान जानकारी के साथ समृद्ध किया गया है उन्होंने कहा कि यह प्स्तक परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहने के लिए प्रेरित करेगी और इससे छात्रों तथा अभिभावकों के बीच संवाद बढ़ेगा भाईदूज आज प्रदेश भर में भाई द्रज का पर्व पारंपरिक उत्साह से मनाया जा रहा है आज भगवान चित्रग्प्त और मां सरस्वती का प्जन किया जा रहा है साथ ही कलम दवात की प्जन भी होती है इसके पहले कल प्रदेशभर में रंगों का पर्व होली हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया शिवप्री में बहनें अपने भाई को टीका लगाकर भाई की लंबी उम्र की कामना कर रही है सतना जिले में आज चित्रग्प्त प्जा ओर भाई दोज का पर्व हर्षोल्लास औरत पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है तापमान प्रदेश में तापमान बढ़ने लगा है उमस और गर्मी ने अभी से बेहाल कर दिया है राजधानी भोपाल में आज सुबह से ही तेज धूप निकली है आद्रता का स्तर कम होने से गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है मौसम विभाग के मुताबिक इस बार गर्मी के तेवर तीखे रहने के आसार है

आज भी मौसम विभाग ने लू को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है इंदौर में मंगलवार को अधिकतम तापमान सोमवार के म्काबले एक से डेढ़ डिग्री ज्यादा रहने की संभावना है